वे आज धर्मशाला में प्रदेश भाजपा कार्यसमिति की बैठक को सम्बोधित कर रहे थे

उन्होंने कहा कि सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास भाजपा का मूल मंत्र है उन्होंने कोविड महामारी के दौरान लोगों को राहत पहंचाने के लिए किए गए प्रयासों के लिए पार्टी पदाधिकारियों व कार्यकर्ताओं की सराहना की

उन्होंने पार्टी कार्यकर्ताओं से प्रदेश व केंद्र सरकार की नीतियों और कार्यक्रमों से आम लोगों को लाभान्वित करने का आहवान भी किया इस अवसर पर प्रदेश भाजपा अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने भी अपने विचार व्यक्त किए बैठक में मुख्यमंत्री जयराम ठाकर केंद्रीय वित्त राज्य मंत्री अनुराग ठाकर पूर्व मुख्यमंत्री प्रेम कुमार धूमल प्रदेश प्रभारी अविनाश राय खन्ना और मंत्रिमण्डल के सदस्यों सॉहित सांसद व अन्य पार्टी पदाधिकॉरी व कार्यकर्ता भी मौजूद रहे परीक्षा पे चर्चा केन्द्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि स्कूली विद्यार्थियों शिक्षकों और अभिभावकों के साथ प्रधानमंत्री के संवाद कार्यक्रम परीक्षा पे चर्चा के चौथे संस्करण का आयोजन अगले महीने होगा

निशंक ने कहा कि इस बार यह कार्यक्रम वर्चुअल माध्यम से आयोजित होगा कार्यक्रम के प्रतिभागियों को माई जीओवी प्लेटफार्म पर आयोजित होने वाले ँऑनलाइन प्रतियोगिता के जरिये चुना जायेगा इस बीच प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने एक ट्वीट में विद्यार्थियों अभिभावकों व शिक्षकों से इस कार्यक्रम में बढ़चढ़ कर हिस्सा लेने की अपील की है राठौर प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष कूलदीप राठौर ने बढ़ती मंहगाई के लिए भाजपा की नीतियों को जिम्मेवार ठहराया है उन्होंने धर्मशाला में आयोजित भाजपा के मंथन शिविर पर सवाल उठाते हुए कहा कि देश बेरोजगारी व मंहगाई से जूझ रहा है जबकि भाजपा चुनाव मंथन में जुटी है शिमला में आज पत्रकारों से बातचीत में राठौर ने कहा कि प्रदेश की भाजपा सरकार पार्टी कार्यक्रमों को लिए सरकारी पैसे का द्रूपयोग कर रही है उन्होंने पंचायतीराज संस्थाओं के चुनावों में हुई कथित गड़बड़ी को लेकर भी चिंता जताई

कल्पा के एसडीएम मेजर अविनेन्द्र शर्मा ने बताया कि राज्यपाल कल कल्पा पहंचेंगे और यहां देश के पहले मतदाता मास्टर श्याम सरण नेगी से भी मिलेंगे

अविनेन्द्र शर्मा ने बताया कि राज्यपाल के दौरे को लेकर जिला प्रशासन ने सभी तैयारियां पूरी कर ली है परामर्श सत्र कौशल विकास निगम के तत्वावधान में कुल्लू में आज से दो दिवसीय परामर्श सत्र शुरू हुआ जिसमें करीब दो सौ विद्यार्थियों ने भाग लिया

उन्होंने कहा कि एशियन विकास बैंक द्वारा वित्त पोषित ये प्रशिक्षण विद्यार्थियों के लिए निशुल्क है

सेना भर्ती कार्यालय शिमला के निदेशक कर्नल तनवीर सिंह मान ने ये जानकारों दी है उन्होंने कहा कि उम्मीदवारों को प्रवेश पत्र जारी कर दिए गए हैं

लोग नमो ऐप या माई गोव ओपन फोरम में अपने विचार साझा कर सकते हैं